मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की

हरिद्वार जिले में पहले ही इंटरनेट सेवा का संचालन श्रू कर दिया गया है

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व द्रसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का आभार व्यक्त किया म्ख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहंचने से विकास के एक नए य्ग आरंभ होगा साथ ही ग्रामीण अंचलों की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी केन्द्रीय दूरसंचार मंत्रालय अंतर्गत यूनीवर्सल सर्विसेज ऑबलीगेशन फंड द्वारा यह परियोजना वित्त पोषित है और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की ओर से यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है

इसका क्रियान्वयन आई टी डी ए द्वारा किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नेट परियोजना से राज्य में ई गवर्नेस ई ऑफिस ई डिस्ट्रिक्ट ई हेल्थ टेली मेडिसन ई एज्रकेशन ई बैंकिंग ई नाम इंटरनेट और अन्य स्विधाएं मिलेंगी

यह पर क्रिया में गु ह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की ग ई है

राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रम्ख अनिल बलूनी की ओर से यह जानकारी दी गयी एक समाचार एजेंसी के म्ताबिक केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है उन्होंने पत्र में लिखा है कि कार्बेट पार्क के पास धनगढ़ी नाले पर क्माऊं और गढ़वाल मंडल के बीच प्ल बनाने के लिये निविदा प्रक्रिया शुरू हो गयी है और जल्द ही पुल का निर्माण कार्य श्रू हो जायेगा आपको बता दें कि रामनगर से आगे धनगढ़ी बरसाती नाले में पानी बढ़ जाता है जिससे कई घंटों तक यातायात बाधित हो जाता है लोगों की समस्या को देखते हुए अनिल बलूनी ने पिछले साल केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था और प्ल निर्माण का अन्रोध किया था सीएम संवाद म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड महामारी से मुकाबले के लिए राज्य सरकार ने आवश्यकता से कहीं अधिक स्तर पर तैयारी की म्ख्यमंत्री ने वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के उदयमियों और प्रब्द्वजनों के साथ संवाद किया उन्होंने बताया कि राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर बनाए

मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया

इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ में भी सैम्पल टेस्टिंग के लिए भैजे जा रहे हैं

साथ ही कुछ और एडवांस मशीनों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है पर्वतीय कृषि के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कृषि और इससे ज्ड़ी सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार रूरल ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना पर भी काम कर रही है उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में किसानों को बिचौलियों से म्क्ति के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर दिया गया है सीएम ऑन लॉकडाउन उत्तराखंड में अनलॉक के बीच उधमसिंह नगर जिले के काशीप्र में दोबारा से लॉकडाउन किया गया है

उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादन में भी पहले मंडी और फिर शहर में दो दो दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था जिसके नतीजे सुखद है उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रदेश में अन्य इलाक़ों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है डीआईजी पीसी प्रदेश के प्लिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक क्मार ने कहा है कि उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ कम है क्योंकि यहां सुरक्षा का स्तर काफी ऊंचा है रुद्रपुर स्थित वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने वांछित अपराधियों की धरपकड़ तेज करने और ईनाम की राशि बढ़ाने की घोषणा की इससे पहले प्लिस महानिदेशक ने आई जी क्माऊं अजय रौतेला के साथ ऊधम सिंह नगर जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जिले में आपराधिक वारदातों पर सख्ती के साथ लगाम कसने के निर्देश दिये मंत्री रेखा आर्य दौरा उत्तराखंड मत्स्य राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि पश्धन और मछली पालन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उन्होंने कहा कि मछली की बिक्री के साथ पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार विचार कर रही है मंगलौर में मत्स्य बाज़ार मंडी के श्भारंभ के मौके पर उन्होंने यह बात कही उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए धरातल पर काम करने की ज़रूरत है जिससे लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके

इनमें से कोई भी मरीज वेन्टिलेटर पर नहीं है

आपको बता दें कि जून के दूसरे सप्ताह में कोविड सैम्पलों की जांच के लिए एम्स में एक नई मशीन इन्स्टॉल की गई थी

लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है